पधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नमो ऐप के जरिये अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पार्टी कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत की श्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों से वाराणसी के विकास कार्यो की जानकारी ली बातचीत म श्री मोदी ने कहा कि जल परिवहन के लिए गंगा में निर्माणाधीन टर्मिनल जल्द बनकर तैयार हो जायेगा और इसके बाद इलाहाबाद मिर्जापुर वाराणसी भागलपुर पटना सहित कई जगहों पर मध्य गंगा में ड्रेजिग कराई जायेगी

श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से अगले वर्ष जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को तैयारी में जुट जाने का आहवान भी किया राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित हो गई सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए सरकार के विरूद्ध नारेबाजो शुरू कर दी सदन में प्रतिपक्ष द्वारा लगातार हंगामा करने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पहले आधे घंटे के लिए और फिर प्रश्न काल तक के लिए कार्यवाही का स्थगित कर दिया

उधर विधान परिषद की कार्यवाही भी विपक्षो दलों के शोर शराबे की वजह से कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई कार्यवाही शुरू होते ही सपा बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाये और सदन के बीचोंबीच आकर मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग करने लगे सभापति ने सदन की कार्यवाही दो बार आधे आधे घंटे और बाद में सवा बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है देवरिया प्रकरण का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करा रही है और उसने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है

मुझे अफसोस होता है

इस प्रकरण में जो भी जिस स्तर पर दोषी था हमारी सरकार ने उन सबके खिलाफ कार्रवाई की है

न्यायालय इसकी निगरानी कर रहा है उच्च स्तरीय कमेटी जिसकी स्वयं जांच कर रही है और अगर देवरिया के घटना में जो कुछ भी सामने आये है

उन्होंने अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले चार वर्ष में निर्णायक क्षमता की बदौलत फैसले लेने को प्रक्रिया आसान हुइ है और भारतीय अथव्यवस्था कई अन्य देशों के मुकाबले मजबूती से उभरी है श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि पिछले चार सालों के दौरान वर्तमान सरकार ने विधायी और अन्य क्षेत्रों में कई सुधार किये हैं उन्होंने कहा कि व्यवस्था को बडो हद तक साफ सुथरा और अधिक पारदर्शी बनाया गया है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

राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के पथ पर अग्रसर है वह आज बदायूं में बदायूं गौरव महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री नाईक ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए न सिफ प्रभावी योजनाओं का संचालन बल्कि शांति व्यवस्था भी जरूरी होती है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानन व्यवस्था की स्थिति सुधरी है जिससे निवेश भी बढ़ रहा है

किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार बनती है तो सबका कर्जा माफ होगा सबका कर्जा पहले ही मंत्रि परिषद के मीटिंग में समाप्त हो गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्ध राज्य है सरकार प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में देश में पहला स्थान दिलाने की दिशा में काम कर रही है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनेक आकर्षक पर्यटन स्थल ह जहां पर्यटकों का बराबर आना जाना रहता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई है श्री योगी ने कहा कि राज्य में पर्यटन को विकसित करने में यूपी ट्रैवल मार्ट प्रभावी भूमिका निभा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयाग में होने वाले आगामी कुंभ मेले के लिए विश्व के एक सौ बाननवे प्रतिनिधियों को न्यौता दिया गया है इस विशालतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम में तकरीबन बारह करोड़ लोगों के आने की संभावना है

उन्होंने कहा कि बेहतर टूर पैकेज राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने में चमहत्वपूर्ण भूमिका निभाये गे इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पर्यटन अवनीश अवस्थी ने भी विचार व्यक्त किये तीन दिवसीय इस आयोजन में आस्ट्रेलिया फ्रांस जर्मनी तुर्की डेनमार्क पोलेण्ड और ताईवान सहित तेईस देशों के पचास प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं इसके अलावा देश के नौ राज्यों के बीस टूर ऑपरेटर्स भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ नई दिल्ली में आज बैठक की है बैठक के दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल समेत कई राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता का मामला उठाते हुए कहा कि इस सिलसिले में व्यक्त की जा रही आशंकाओं को दूर किया जाना जरूरी है जबकि तृणमूल कांग्रेस ने बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का समर्थन किया बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने मीडिया से कहा कि विचार विमर्श के दौरान राजनीतिक पार्टियों के जरिये दिये गये सुझावों का अध्ययन किया जायेगा आयोग मौजूदा चुनाव व्यवस्था और व्यवहारों में सुधार लाकर देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने पर हमेशा जोर देता रहा है इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आर राज्य विधानसभाओं के आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों की शुद्धता और पारदर्शिता में सुधार तथा उन्हें समावेशी बनाने से जुड़े उपायों पर सभी राजनीतिक दलों से विचार मांगे हैं